सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि सभी के लिए यह गर्व की बात है कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है उन्होंने कहा कि सौ वर्ष से अधिक उम्र के बहत से लोगों ने टीके लगवाये हैं और घर के ब्ज्र्गों में टीके के प्रति उत्साह स्पष्ट रूप से नजर आता है श्री मोदी ने कहा कि सभी को कोरोना से लड़ने का मंत्र याद रखना चाहिए कि दवाई भी कड़ाई भी प्रधानमंत्री ने स्मरण किया कि स्वतंत्रता की पचहत्तरवीं वर्षगांठ मनाने के लिए अमृत महोत्सव उसी दिन से श्रू किया गया था जिस दिन दांडी मार्च श्रू ह्आ था

श्री मोदी ने कहा कि अमृत महोत्सव के माध्यम से किसी भी स्वतंत्रता सेनानी की संघर्ष गाथा किसी स्थान के इतिहास को सामने लाकर देशवासियों को उससे जोड़ने का माध्यम बनाया जा सकता है

म्ख्यमंत्री ने हाईवे के स्ट्रीट लाईट सिस्टम का भी श्भारंम किया गौरतलब है कि म्ख्यमंत्री पेमा खांड्र ने बीते अक्ट्रबर महीने में वादा किया था कि ईटानगर से नाहरलग्न तक की चौदह किलोमीटर लंबी सड़क अगर मार्च दो हजार इक्कीस तक बनकर प्री नहीं हई तों वे अपने पद से इस्तीफा दे देंगे म्ख्यमंत्री खांडू ने अपना ये वादा पूरा कर दिखाया है उन्होंने इस उपलब्धि को दिखाने के लिए इससे जूड़ा एक विडियों भी सोशल मीडिया में शेयर किया है

विजयनगर का दौरा करने वाले श्री खांड्र पहले म्ख्यमंत्री है विजयनगर के गांधीग्राम में एक जनसभा को संबोधित करते हए म्ख्यमंत्री ने कहा कि मियाओं विजयनगर सड़क परियोजना के पूरा होने के बाद इस क्षेत्र का तेजी से विकास होगा और यहां के लोगों के जीवन स्तर में स्धार होगा और आजिविका के अवसर भी बढ़ेंगे उन्होंने कहा कि इस सड़क परियोजना के पूरे होने के बाद इसकी रखरखाव की जिम्मेदारी सीमा सड़क संगठन को दी जायेगी म्ख्यमंत्री ने विजयनगर अंचल के गांधी ग्राम मीडिल स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करते हुए राज्य सरकार की तरफ से ब्नियादी स्विधाओं के विकास के लिए सहायता का आश्वासन दिया म्ख्यमंत्री ने इस क्षेत्र में तैनात असम राईफल्स राज्य प्लिस और जिले के प्रशासनिक अधिकारियों की सुविधा के लिए तीन थार जीप प्रदान किया

उन्होंने गांव में प्नर्वास कार्य का भी निरीक्षण किया उपम्ख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों को म्ख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत घरो का निर्माण कराने सहित हर संभव सहायता का आशवासन दिया उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन कोष से प्रभावित लोगों को राहत राशि और पुनर्वास कार्य के लिए एक करोड़ सोलह लाख से अधिक धनराशि मंजूर की है शिक्षा मंत्री ने लोंगलियांग गांव के स्क्ली बच्चों को शिक्षण सामग्री और स्कूल यूनिफॉर्म प्रदान करने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया

अरुणाचल प्रदेश को इस वित्त वर्ष में जल जीवन मिशन के लिए दो सौ चौवन करोड़ पच्चासी लाख रुपए की धनराशि आवंटित की गई है मुख्यमंत्री पेमा खांड़ ने अपने ट्वीट में बताया कि देश में अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में अरुणाचल प्रदेश सातवें स्थान पर है उन्होंने कहा कि राज्य में राष्ट्रीय लक्ष्य से एक वर्ष पहले ही दो हजार तेईस तक हर घर को नल जल उपलब्ध करा दिया जायेगा

आज मेच्का में बोर्ड दवारा आयोजित जागरुकता और स्वास्थ्य शिविर के उद्घाटन समारोह को संबोधित करने हए विधानसभा अध्यक्ष ने मेच्का क्षेत्र के कामगारो के रजिस्ट्रेशन का पचास प्रतिशत शूल्क बाहन करने की घोषणा की इस अवसर पर कामगार बोर्ड की अध्यक्ष न्योतो द्रक्म ने कहा कि राज्य के द्रदराज के इलाकों में बोर्ड की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहंचाने के लिए शिविर लगाए जा रहे है